राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा है कि वे आम लोगों के हित में एनडीए में बने रहेंगे आज पटना में पत्रकारों से बातचीत में श्री कुशवाहा ने कहा कि उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने का अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री को है उन्होंने कहा कि सरकार का कार्यकाल पूरा होने तक मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है एक सवाल के जवाब में श्री कुशवाहा ने कहा कि यदि नीतीश सरकार उनके शिक्षा सुधार के पच्चीस सूत्री मांगों को स्वीकार कर लेती है तो वो सभी बीती बातों को भूल जायेंगे उन्होंने राज्य सरकार पर केन्द्रीय विद्यालयों के लिए जमीन के आवंटन में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया श्री कुशवाहा ने कहा कि वे औरंगाबाद और नवादा में केन्द्रीय विद्यालय के लिए जमीन आवंटन की मांग को लेकर आठ और नौ दिसम्बर को उपवास करेंगे उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी शिक्षा में गुणात्मक सुधार को लेकर लगातार प्रयासरत है रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा द्वारा राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किये जाने पर जदयू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है पार्टी के महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने सबसे अधिक शिक्षा व्यवस्था पर ही ध्यान दिया है उन्होंने कहा कि राज्य मे साक्षरता दर में व्रद्धि हुई है बच्चों के स्कूल छोड़ने के दर में कमी आई है स्कूलों तथा कॉलेजों में लड़कियों के नामांकन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है श्री त्यागी ने रालोसपा अध्यक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज नालंदा जिले के राजगीर के मोरा गांव में नवनिर्मित बिहार पूलिस अकादमी का उदघाटन किया एक सौ तैंतीस एकड़ परिसर में निर्मित इस भवन पर लगभग दो सौ नब्बे करोड़ रूपये की लागत आयी है यहां डीएसपी एसआई और एएसआई को प्रशिक्षण दिया जायेगा साथ ही मुख्यमंत्री ने परिसर में चार हजार प्रलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए नए भवन के निर्माण कार्य की आधारशिला भी रखी इसका निर्माण पूरा हो जाने से राज्य में पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण की क्षमता बढ़ कर नौ हजार हो जायेगी उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसलों की सत्यापित प्रति आम लोगों को उपलब्ध कराने का फैसला किया है फैसलों की प्रति वे लोग भी ले सकेंगे जो केस में पक्षकार नहीं है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने इससे संबंधित आदेश में संशोधन को मंजूरी दे दी है इस फैसले से उन लोगों को काफी सहूलियत होगी जिन्हें अपने केस या अन्य विवादों के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की सत्यापित प्रति की जरूरत होती है उच्चतम न्यायालय ने बिहार में शराब की तस्करी और बिक्री की जांच को लेकर दायर एक जनहित याचिका खारिज कर दी है याचिका में बिहार नगालैंड और गुजरात में शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद शराब की खुलेआम बिक्री का आरोप लगाते हुये मामले की जांच की मांग की गयी थी शीर्ष न्यायालय ने कहा कि इन तीनों राज्यों में शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध है इसलिए याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य के चार हजार से अधिक पंचायतों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा पहुंचाने के लिए तेजी से कार्य चल रहा है श्री मोदी ने आज पटना में दो दिवसीय आइडियाथॉन कार्यक्रम की शुरूआत करते हुये कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के लिए राजगीर में आईटी सिटी और बिहटा दरभंगा तथा भागलपुर में आईटी पार्क की स्थापना की जा रही है जबकि पटना के पाटलिपुत्र में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है दो दिवसीय आइडियाथॉन कार्यक्रम में देशभर से चयनित बयालीस आईटी स्टार्टअप अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं इस दौरान साईबर स्रक्षा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुझाव आये केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आठवीं कक्षा तक मैथिली को भाषा और साहित्य के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल करने को सहमति दे दी है मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि अब सीबीएसई से मान्यता प्राप्त विद्यालय एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के तहत अपने यहां मैथिली की भाषा के रूप में पढ़ाई करवा सकते हैं इस फैसले पर मिथिलांचल के लोगों ने काफी ख़्शी जतायी है गया से थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के लिए सीधी विमान सेवा आज से शुरू हो गयी है गया अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा के निदेशक दिलीप कुमार ने बताया कि पर्यटन सीजन में थाई एयर एशिया का विमान सप्ताह मे चार दिन सोमवार बुधवार शुक्रवार और रविवार को गया से बैंकॉक की उड़ान भरेगा देश के पहले राष्ट्रपति देशरत्न डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद को आज उनकी एक सौ चौंतीसवीं जयन्ती पर कृतज्ञ राष्ट्र ने श्रद्धापूर्वक याद किया राजधानी पटना के बांसघाट में उनके समाधि स्थल पर आयोजित राजकीय समारोह में राज्यपाल लालजी टंडन मुख्यमंत्री नीतीश क्मार और उपमुख्यमंत्री स्रशील क्मार मोदी समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी बाद में राज्यपाल और मूख्यमंत्री ने कदमकुंआ स्थित चरखा समिति के कार्यालय में चरखा कात रही महिलाओं के बीच खादी के वस्त्र का वितरण भी किया प्रदेश कांग्रेस मूख्यालय सदाकत आश्रम में भी इस अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया इधर राजेन्द्र बाबू की जन्मस्थली सीवान जिले के जीरादेई में भी कई कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गयी केन्द्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने पटना के टीके घोष अकादमी में राजेन्द्र बाबू की प्रतिमा का अनावरण किया डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने इसी स्कूल से अपनी पढ़ाई की थी राजेन्द्र बाबू की जयंती पर पटना में शिक्षा विभाग की ओर से मेधा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया इसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की दो हजार अठारह में हुई इंटर और मैट्रिक परीक्षा के टॉपरों को सम्मानित किया गया मूजफ्फरपूर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मूख्य आरोपी ब्रजेश ठाक्र की सहयोगी मध् और डॉक्टर अश्विनी कुमार की रिमांड अवधि तीन दिनों के लिए और बढ़ा दी है सीबीआई ने आज दोनों को विशेष अदालत में पेश कर रिमांड अवधि बढ़ाने का आवेदन दिया था राजद के निलंबित विधायक राजवल्लभ यादव समेत छह लोगों के खिलाफ नाबालिग छात्रा सामूहिक दुष्कर्म मामले में आज सुनवाई पूरी हो गयी सांसदों और विधायकों के लिए पटना स्थित विशेष अदालत इस मामले में पन्द्रह दिसम्बर को अपना फैसला सुना सकती है आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राज्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया इस अवसर पर कई जागरूकता कार्यक्रमों और दिव्यांग सहायता उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया पछ्आ हवा और हिमालय क्षेत्र से आने वाली उत्तरी ठंडी हवा के कारण प्रदेशभर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है मौसम विभाग के अनुसार आज दिन के तापमान में एक डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आयी है विभाग ने कहा है कि वातावारण में नमी बढ़ जाने से आने वाले कुछ दिनों में लोगों को अच्छी ठंड का एहसास होगा साथ ही कोहरे और धुंध का असर भी दिखेगा निर्वाचन आयोग ने मिथिलांचल की प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाक्र को मध्रबनी जिले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वहीं जिला प्रशासन ने भी सुश्री ठाकुर को यूथ आईकन बनाने की घोषणा की है पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ के लिए चुनाव प्रचार आज समाप्त हो गया अंतिम दिन पटना कॉलेज मैदान में प्रेसीडेंशियल डिबेट का आयोजन किया गया इस डिबेट में अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों ने विश्वविद्यालय के विकास को लेकर अपना अपना एजेंडा छात्रों के समक्ष रखा भाजपा राजद जदयू वामदल और जन अधिकार पार्टी के छात्र संगठनों ने अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशी खड़े किये हैं कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान बुधवार को होगा

बेगूसराय जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर भारी मात्रा में शराब और दस लाख रूपये नकद के साथ ग्यारह तस्करों को गिरफ्तार किया गया है गिरफ्तार तस्करों में कुख्यात भोला महतो भी शामिल है उस पर शराब का कारोबर कर करोड़ों रूपये की सम्पत्ति अर्जित करने का आरोप है वहीं वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के पकरीकंठ गांव में पुलिस ने छापेमारी कर एक लीची बागान से चार सौ चौदह कार्टन विदेशी शराब बरामद की है समस्तीपुर जिले के हलई पुलिस चौकी के विक्रमपुर चौर में अपराधियों ने एक निजी कंपनी के कर्मचारी से तीन लाख रुपये लूट लिये जबकि सीतामढ़ी जिले में बैरगनिया थाना क्षेत्र के वंशी चचरीपूल के पास मोटरसाईकिल सवार अपराधियों ने एक बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक से तीन लाख बीस हजार रूपये लूट लिये अररिया में चल रही भागीरथी गंगा क्रिकेट टॉफी प्रतियोगिता में जोगबनी ने अररिया क्रिकेट क्लब को अठहत्तर रन से पराजित कर दिया